सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण और कोविड टीकाकरण की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की सूत्रों ने बताया कि बैठक में कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य वीकेपॉल सहित सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे देश में अब तक कोविड के करीब सात करोड़ साठ लाख टीके लगाय जा चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में केवल अठहत्तर दिन में साढ़े सात करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर भारत ने रिकार्ड बनाया है कल सत्ताईस लाख अड़तीस हजार से ज्यादा टीके लगाये गये टीकाकरण अभियान सोलह जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाकर श्रू किया गया था दो फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को और पहली मार्च से साठ वर्ष से अधिक आयु वाले और पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को टीके लगाने का काम शुरू हुआ इस महीने की पहली तारीख से पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाना शुरू हुआ है प्रदेश में बढते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधाओं में बढोतरी की है हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को गेहूँ क्रय केन्द्रों का समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद के लिये छह हजार क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं किसानों की सुक्या के लिये इस वर्ष ऑन लाइन टोकन की व्यवस्था की गई हैं किसान अपनी सुविधा के अनुसार अपने राजस्व ग्राम से संबद्व नजदीकी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ बेचने के लिये टोकन ऑन लाइन प्राप्त कर सकते हैं क्रय केन्द्रों पर बिना टोकन के भी किसानों से गेहूँ खरीद की व्यवस्था रखी गई है सप्ताह में तीन दिन लघु और सीमान्त किसानों से ही गेहूँ की खरीद की जायेगी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत पांच वर्ष में पच्चीस हजार पांच सौ छियासी करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है इस राशि को एक लाख चौदह हजार से अधिक खातों में जमा कराया गया आर्थिक सशक्तिकरण और नौकरियों के सुजन पर ध्यान केन्द्रित करते हए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल दो हजार सोलह को यह योजना शुरू की गई थी योजना का वर्ष दो हजार पच्चीस तक के लिए विस्तार किया गया है इसका उद्देश्य महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है इसके तहत लोगों को बैंकों की शाखाओं से ऋण दिया जाता है जिससे उन्हें अपना उद्यम लगाने में सहायता मिलती है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं से एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने की अपील की है ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने ओटीएस योजना की तारीख पन्द्रह अप्रैल तक बढ़ाई है योजना के तहत शहरी घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ताओं के बकाया बिल पर सौ प्रतिशत व्याज माफ किया जायेगा

गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वे ईसा मसीह से प्रेरणा लेकर शांति प्रेम और आपसी भाई चारे के गुण को अपनाएं उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ईसा मसीह ने प्रेम शांति और क्षमा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक सशक्तिकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनियामर के करोड़ों लोगों को प्रेरणा का स्रोत है गीताप्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राघेश्याम खेमका का कल वाराणसी में निधन हो गया कल ही उनका अन्तिम संस्कार वाराणसी में किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट कर के श्री खेमका के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है